सबसे अधिक सासाराम में लगभग अठावन प्रतिशत मतदान

मतगणना तेईस मई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद में शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न हो गया तिरपन प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि सबसे अधिक सासाराम संसदीय क्षेत्र में अठावन प्रतिशत मतदान हुआ है वहीं सबसे कम पटना साहिब में चवालीस प्रतिशत मतदान की खबर है जबकि पाटलिपुत्र में सत्तावन प्रतिशत बक्सर में छप्पन प्रतिशत काराकाट में पचपन प्रतिशत नालंदा और जहानाबाद में चौवन चौवन प्रतिशत वोटिंग हुई है वहीं आरा में तिरपन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है इस बार इन आठ लोकसभा सीटों पर पिछले लोकसभा चूनाव की तूलना में दो प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है आठो संसदीय सीटों के साथ साथ इस चरण में डेहरी विधानसभा उपचूनाव के लिए भी मतदान सम्पन्न हो गया यहाँ छप्पन प्रतिशत मतदान की खबर है हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कड़ी धूप के बावजूद इन आठ लोकसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर युवाओं महिलाओं बुजुर्गों और दिव्यांगों सहित अन्य मतदाताओं की लम्बी कतारें देखी गई पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में भी खासा उत्साह नजर आया सिर से जुड़ी होने के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजर रही दो बहनों सबा और फरहा ने भी पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग किया नालंदा से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि नालंदा संसदीय क्षेत्र को बिहार शरीफ राजगीर इस्लामपुर और अस्थावां सहित अन्य क्षेत्रों में मतदाताओं की लम्बी कतारें देखी गयी

कुछ जगहों पर ईवीएम तोड़े जाने सुरक्षा बलों पर पथराव हिंसक झड़प और वोट बहिष्कार के मामले सामने आए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र सरगना में ब्रथ संख्या एक सौ एक और एक सौ दो पर खराब ईवीएम के विरोध में लोगों के हंगामे के कारण मतदान कुछ देर बाधित हुआ बाद में ईवीएम बदलकर मतदान शुरू कराया गया आरा लोकसभा क्षेत्र के बड़हरा थाना के बबुरा बाजार में बूथ संख्या तिरपन पर दो गूटों में झड़प के दौरान भी वोटिंग कुछ देर के लिए बाधित हुई आरा संसदीय क्षेत्र के बडहरा विधानसभा क्षेत्र में एकौना गांव में मतदान के दौरान उग्र भीड़ को नियंत्रित करने में दो प्रलिस कर्मी घायल हो गये वहीं सासाराम संसदीय क्षेत्र के भभ्रआ विधानसभा क्षेत्र में परसिया गांव में मतदान के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव किया जिसमें एक पुलिस कर्मी सहित तीन लोग घायल हो गये इधर नालंदा संसदीय क्षेत्र के राजगीर विधानसभा क्षेत्र में चंदौरा गांव में बूथ संख्या दो सौ निन्यानवे पर लोगों ने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए मतदान का बहिष्कार किया आक्रोशित लोगों ने राजगीर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के वाहन को क्षतिग्रस्त करने के बाद उन्हें कुछ देर के लिए बंधक भी बना लिया हालांकि बाद में प्रशासन ने ग्रामीणों के मदद से प्रखंड विकास पदाधिकारी को मुक्त कराया सातवें और आखिरी चरण में आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग के बाद बीस महिला प्रत्याशियों समेत एक सौ सतावन उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य इवीएम में बंद होगया है अब इसका फैसला तेइस मई को चुनाव परिणामों के दिन सामने आएगा इस चरण में चार केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद आरके सिंह अश्विनी कुमार चौबे और रामकृपाल यादव की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी इनके अलावा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सिने स्टार और कांग्रेस प्रत्याशी शत्र्घ्न सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और राजद के दिग्गज जगदानंद सिंह तथा मीसा भारती भी चुनाव मैदान में है सातवें और अंतिम चरण का मतदान सम्पन्न होने के बाद एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि सभी आठों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि चुनाव के नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आऐंगे आज विभिन्न मतदान केन्द्रों पर विशिष्ट जनों और नेताओं ने भी आम मतदाताओं के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन परिसर में स्थित मध्य विद्यालय में अपने पुत्र के साथ मतदान किया वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजेंद्रनगर के संत जोसेफ स्कूल में वोट डाला पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के महकार में मतदान किया शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने जहानाबाद के मखद्मपुर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में मतदान किया पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और महागठबंधन प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि देश में आम चुनाव लंबी अवधि के बजाए कम से कम चरणों में होने चाहिए पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद श्री कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि वे जदयू अध्यक्ष होने के नाते सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखेंगे उन्होंने कहा कि चुनाव फरवरी से मार्च के दौरान कराया जाए श्री कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करायी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि अप्रैल मई में गर्मी होने की वजह से मतदाताओं की भागीदारी कम हो जाती है एक ही चरण में मतदान होना बेहतर है लेकिन देश बड़ा होने के कारण दो या तीन चरणों में चुनाव कराये जाने चाहिए प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है आज भी पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी रही लोग झुलसाने वाली गर्मी और गर्म हवा के थपेड़ों से परेशान रहे मौसम विभाग ने कहा है कि बाईस मई तक पटना गया राजगीर नालंदा समेत राज्य के कुछ हिस्से लू की चपेट में रहेंगे वहीं दक्षिण बिहार के कुछ शहरों का तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है वैशाली जिले के पातेपुर के पूर्व विधायक महेन्द्र बैठा का आज नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वे इक्यानवे वर्ष के थे महेन्द्र बैठा तीन बार बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने पूर्व विधायक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है भागलपुर जिले में सबौर थाना क्षेत्र के ममलखा गांव में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी टेरा मंडल के घर कुर्की की भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि कुख्यात की गिरफ्तारी के लिए पचास हजार रुपये के ईनाम की अनुशंसा की गयी है

सबसे अधिक सासाराम में लगभग अठावन प्रतिशत मतदान

मतगणना तेईस मई को